अपनी इस यात्रा के दौरान वे सबसे पहले द्विपक्षीय वार्ताओं में हिस्सा लेंगे श्री मोदी ब्रिक्स व्यापार परिषद के समापन समारोह में भी शामिल होंगे ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के भविष्य के लिए आर्थिक विकास और नवाचार इस सम्मेलन का मुख्य विषय है विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग सीमापार अपराधों के खिलाफ रणनीति जैसे विषयों पर सदस्य देशों के बीच सम्बंधों को बढ़ावा देना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है

न्यायमुर्ति एनबी रमना संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि यदि इस च्नाव में ये विधायक चुनाव जीतते हैं तो वे मंत्री बनने के अधिकार हो सकते हैं न्यायालय ने कहा कि ये फैसला विधानसंभा अध्यक्ष के फैसले में हस्तक्षेप नहीं है बल्कि परिस्थितियों और तथ्यों पर आधारित है भाजपा राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर पार्टी नेता प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता बहाल करने के लिये हस्तक्षेप का अनुरोध किया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतत्व में राज्यपाल से मुलाकात करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा शामिल थे राज्यपाल से मुलाकात के बाद इन नेताओं ने मीडिया को बताया कि एक आपराधिक मामले में सुनाई गई सजा पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रहलाद लोधी को स्थगन आदेश दिये जाने के बाद भी विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने के लिये आदेश जारी नहीं किया गया है इसलिये पार्टी ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है

हमारे संवाददाता ने बताया कि सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से लगे महए के पेड़ में कथित चमत्कार का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी सेंख्या में ग्रामीण अंधविश्वास के चलते यहां पहुंच रहे हैं जिसके चलते प्रशासन ने ग्रामीणों के यहां जाने पर रोक लगा दी है इसके बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण आज यहां जाना चाहते थे रोकने पर उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया

होशंगाबाद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्थित फिलहाल नियंत्रण में है

इस परियोजना में रायसेन जिले के सात और भोपाल जिले के पांच शासकीय विद्यालयों को दक्षिण कोरिया की टेग हाइव संस्था के सहयोग से प्रारंभ की जा रही कक्षा साथी परियोजना में शामिल किया गया है इसके लिए मोबाइल ऐप और क्लीकर का उपयोग कर शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के बाद तुरंत उनका मुल्यांकन कर सकेंगे ऐप के जरिए पाढ़यक़म से संबंधित प्रश्नों को शिक्षक पूछेंगे और छात्र उनका जवाब क्लीकर के माध्यम से देंगे

महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने सभी जिला कलेक्टरों को इस सम्बन्ध में पहले ही निर्देश जारी किये हैं इनमें कहा गया है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर बाल दिवस मनाया जाये और प्रत्येक परियोजना मुख्यालय पर बालरंग मेले का आयोजन हो मेले के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न रूचिकर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा और बच्चों को पुरस्कार भी दिये जायेंगे किकेट भारत और बांग्लादेश के बीच इन्दौर के होलकर स्टेडियम में पहला किकेट टेस्ट मैच कल से प्रारंभ होगा आज दोनों टीमें अभ्यास कर रही हैं इस मैच को लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतेजाम किये हैं

इसमें प्रदेशभर के स्कुली बच्चे भाग ले रहे हैं

पन्ना जिले में जिला प्रशासन ने कल विभिन्न पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया